इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति ने इसे निराशा पर आशा और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक बताते हुए लोगों से वंचितों और उपेक्षितों के जीवन को प्रेम और खूशियों से भरने का आहवान किया प्रदेश में भी दीपावली का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि यह त्यौहार राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता देशभक्ति और सद्भाव का प्रतीक है उन्होंने यह पर्व गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप मनाने की अपील करते हुए लोगो की सुख समृद्धि की कामना की राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य डाक्टर गोविंद सिंहबाला बच्चन सज्जन सिंह वर्मा आरिफ अकील ब्रजेन्द्र सिंह राठौर जयवर्द्धन सिंह विजयलक्ष्मी साधौ प्रियव्रत सिंह जीतू पटवारी तूलसीराम सिलावट तरुण भनोत इमरती देवी सुरेन्द्र सिंह बघेल कमलेश्वर पटेल प्रद्यम्न सिंह तोमर प्रदीप जायसवाल ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाये दी हैं मारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सांसद नंदकुमार सिंह चौहान गणेश सिंह विष्णुदत्त शर्मा प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए उनकी सुख और समृद्धि की कामना की है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में दीपावली के अवसर पर बाजारो में खासी रौनक है इस परंपरागत उत्सव को मनाने के लिए बाजारों में आतिशबाजी की दुकानों पर भी खासी भीड़ है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से नारी शक्ति पर्व मनाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि बेटियों का सम्मान कर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों का सम्मान किया जाना चाहिये आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनायें दी इस अवसर पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी घोषणा के बाद महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में प्रेरक कहानियां साझा की जाने लगी हैं

त्यौहारों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे लोगों के जीवन में नई चेतना आती है उन्होंने इस अवसर पर स्वच्छता और पर्यावरण पर भी जोर दिया श्री मोदी ने ओणम पोंगल और बिह् जैसे उत्सवों में दूसरे राज्यों और देशों के लोगों को शामिल करने की अपील की मोदी दीवाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी पहंचें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने थल सेना दिवस के अवसर पर आज वीर जवानों को बधाई दी है एक ट्वीट भें श्री मोदी ने कहा कि भारत की थल सेना कर्मठता और पराक्रम की प्रतीक है जिसके लिए हर भारतीय उसकीउत्कृष्ट सेवाओं का आभारी है

वे दर्गम ँक्षेत्रों में तैनात जवानों के साथ नियमित रूप से संवाद करते रहे हैं

प्रकाशपर्व समिति गुरुनानक देव का पांच सौ पचासवां प्रकाशपर्व मनाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में समिति को गठन किया गया है संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव पंकज राग को समिति का समन्वय और नरेन्द्र सलूजा को संयोजक बनाया गया है समिति में इंदौर के गुरुदेव सिंह भाटिया को अध्यक्ष उज्जैन के सुरजीत सिंह दुटेजा सचिव सुरिन्दर सिंह अरोरा उज्जैन परमवीर सिंह वजीर भोपाल सतिन्दर सिंह होरा इंदौर जसवीर सिंह गांधी को समिति का सदस्य बनाया गया है

अच्छी खबरमें आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है इस बार अच्छी खबर में आप शाम के बुलेटिन में सुनेगें नरसिंहपुर जिले के केन्द्रीय जेल के बंदियों द्वारा बनाये गये दीयों पर विशेष रिपोर्ट